लोअर स्बनसिरी जिले के याजली में आयोजित न्योक्म य्लो उत्सव समारोह में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री ने लोगों से अपनी स्थानीय बोली और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की अपील की उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करते हए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के अमल की प्रभावी तरीके से निगरानी करने को कहा इस अवसर पर पारंपरिक परिधानों से स्सज्जित जनजातिय टोलियों ने लोकऩत्य के माध्यम से समृद्ध कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया न्योक्म य्लो त्योहार प्रतिवर्ष अच्छी फसल समाज में स्ख शांति और सामुदायिक सौहार्द के लिए मनाया जाता है

उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार के साथ स्थानीय लोगों के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरुकता होनी चाहिए और इसकों आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण हैं किमिन में न्योक्म यूलों उत्सव के अवसर पर आस पास के गांवों के बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद थे इस मौके पर प्रकृति संरक्षण विषय पर नाटक और लोकनृत्य प्रस्त्त किया गया

इस खास मौके पर न्यीशी जनजाति के पारंपारिक परिधानों से स्सज्जित्र स्त्री प्रुष और बच्चों ने लोकऩत्य प्रस्त्त किया अपने संबोधन में श्री रिबिया ने जनजाति के प्जारियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हए इसके संरक्षण के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों से जरुरी कदम उठाने का आग्रह किया इस मौके पर श्री जोरम बेगी ने कहा कि समय के साथ न्योक्म य्लो त्योहार के म्रल स्वरुप में काफी बदलाव आया है उन्होंने लोगों से त्योहार के वास्तविक स्वरुप को बनाए रखने की अपील की

तमिलनाड् केरल और केंद्रशासित प्रदेश प्ददचेरी में विधानसभा च्नाव एक ही चरण में होंगे

च्नाव कार्यक्रम की घोषणा करते हए नई दिल्ली में म्ख्य निर्वाचन आय्क्त स्नील अरोडा ने कहा कि च्नाव की घोषणा होते ही आचारसंहिता लागू हो गई है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए क्छ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है विचार और सुझाव प्राप्त करने का आज अंतिम दिन है

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे दोबारा सूना जा सकता है

खिलौने बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके मनोवैज्ञानिक तथा बोधात्मक कौशल को निखारने में भी सहायता करते हैं इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्रूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है सरकार ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान श्रू किया है मेले का उद्देश्य सभी उम्र के विदयार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनन्ददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है